राज्य सरकार ने पांच डिसमिल से कम रकबे की खरीदी बिक्री पर लगी रोक हटाई

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत की सफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के रक्षा तंत्र में और भी मजबूती आई है देश के सैल्फ डिफेंस को नई मजबूती मिली इसी वर्ष हमारे देश ने सफलतापूर्वक न्यूक्लियर ट्राइड को पूरा किया है यानी अब हम जल थल और नभ तीनों में परमाणुशक्ति संपन्न हो गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसे विश्व की प्रमुख संस्थाओं ने स्वीकार भी किया है

देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई विश्व की गणमान्य संस्थाओं ने माना है कि भारत रिकॉर्ड गति के साथ देश को गरीबी से मुक्ति दिला रहा है श्री मोदी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से कारोबार की आसानी के पायदान पर देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा और जलवायू परिवर्तन के क्षेत्र में भी भारत के प्रयासों का विश्व ने संज्ञान लिया है भारत की महान प्राकृतिक परंपरा का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रयागराज में अगले वर्ष पंद्रह जनवरी से विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है जिसमें डेढ़ सौ से अधिक देशों के लोगों के आने की संभावना है

प्रधानमंत्री ने कहा कि छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के बारे में लोगों में बहुत उत्सुकता है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के सिलसिले में देशभर में जो अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित ईट राइट इंडिया कार्यक्रम प्रमुख हैं एफएसएसएआई सेफ और हैल्दी डाइट हैबिट्स खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने में जुटा है इट राइट इंडिया अभियान के अन्दर देश भर में स्वस्थ भारत यात्राएं निकाली जा रही हैं

कभी कभी सरकारी संगठनों का परिचय एक रेगुलेटर की तरह होता है लेकिन यह सराहनीय है कि एफएसएसएआई इससे आगे बढ़कर जन जागृति और लोकशिक्षा का काम कर रहा है देशवासियों को लोहड़ी पोंगल मकर संक्रांति उत्तरायण माघ बिहू और माधी त्योहारों की श्भकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन त्योहारों के नाम भले ही अलग अलग हैं लेकिन सबको मनाने की भावना एक ही है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं रकबा पंजीयन राज्य सरकार ने पांच डिसमिल से कम रकबे की खरीदी बिक्री पर लगी रोक हटा दी है इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश को स्थगित कर दिया गया है अब पांच डिसमिल से कम रकबे का नामांतरण और पंजीयन किया जा सकेगा इससे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटे भू खण्ड धारकों को रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों को देखते हुए राजस्व विभाग से इसका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने जन घोषणा पत्र में इस समस्या का त्वरित निराकरण करने का वादा किया था और इसी के तहत उन्होंने छोटे भू खण्डों के पंजीयन में लगी रोक हटाने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बधेल आज जांजगीर चांपा जिले में आयोजित बाबा गुरू घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि बाबा के विचार आज भी प्रासंगिक है उनके विचार सभी समाज के लिए आदर्श हैं श्री बघेल ने कहा कि गुरू घासीदास जी की मंशा थी कि सभी का समान विकास हो इसलिए उनकी सरकार किसानों गरीबों और मजदूरों के हित में काम करेगी उन्होंने जिले में रबी फसल के लिए नहरों से पानी देने की भी बात कही मुख्यमंत्री श्री बघेल बालोद और दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल हुए वर्षांत कार्यक्रम श्रंखला नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि देश में सभी के लिए बुनियादी आय योजना का प्रस्ताव करते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखी जानी चाहिए कि देश में सब्सिडी वाली कई योजनाए पहले से ही लागू हैं आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंट में डॉक्टर कुमार ने कहा कि सब्सिडी और सभी के लिए बुनियादी आय योजना एक साथ नहीं चल सकती उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में राज्य की वित्तीय क्षमता पर भी ध्यान रखने की जरूरत है श्री कुमार ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था उतार चढ़ाव की स्थिति से निकलने में सफल हई है और उसने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाकर अच्छी वृद्वि दर हासिल की है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत कार्यक्रम श्रृंखला प्रसारित कर रहा है इसके तहत प्रमुख क्षेत्रों और केन्द्र सरकार की अग्रणी योजनाओं के बारे में चर्चा प्रसारित की जाएगी आज इस श्रृंखला में केंद्रीय कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह से भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी जिसे रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार आगामी चार जनवरी से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र पर केंद्रित रहेगा इस सत्र में नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा इस संबंध में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे जकांछ बसपा नेता जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह को विधायक दल का नेता चुना है वहीं कोटा की विधायक रेणु जोगी उप नेता होंगी रायपुर में आज हई विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बसपा गठबंधन ने कुल सात सीटें जीती हैं इनमें पांच सीटें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की और दो सीटें बहुजन समाज पार्टी की हैं समीक्षा बैठक नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिवक्मार डहरिया ने हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ पात्रता के अनुसार देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं राजधानी रायपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अधूरे निर्माण कार्यो को जल्द पूरा किया जाए श्री डहरिया ने शहर में पीलिया के प्रकोप को देखते हुए नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के साथ ही पाइप लाइनों की मरम्मत करने के लिए भी कहा द्र्घटना जहर खुरानी कबीरधाम जिले में आज सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं यह घटना सहसपुर लोहारा थाना के ग्राम तालपुर में उस वक्त हुई जब मोटरसाइकिल को पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई वहीं घायल तीन अन्य लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस घटना से नाराज लोगों ने वहां पर चक्काजाम कर दिया प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए वहीं जांजगीर चांपा जिले के बारद्वार में भी ट्रक की ठोकर से दोपहिया सवार दो युवकों की मौत हो गई इधर बिलासपुर जिले के नेवसा गांव में आज एक ही परिवार के पांच लोगों ने जहर खा लिया इससे तीन लोगों की मौत हो गई वहीं दो अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुणाल सेन निधन जाने माने फिल्मकार मृणाल सेन का आज सुबह कोलकाता के भोवानीपोर में उनके निवास पर निधन हो गया वे पंचानवे वर्ष के थे पद्मभूषण और दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मृणाल सेन ने एक दिन अचानक पदातिक मृगया अकालेर संधाने कोरस खारिज खंडहर और कलकत्ता इकहत्तर जैसी फिल्मों के जरिए देश में समानान्तर सिनेमा की शुरूआत की थी रणजी ट्रॉफी छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के बीच अलूर में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में पहले दिन का खेल खत्म होने तक कर्नाटक ने चार विकेट के नुकसान पर दो सौ तिहत्तर रन बना लिए हैं कर्नाटक की ओर से देगा निश्चल और कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ ने शतकीय पारी खेली वहीं छत्तीसगढ़ की तरफ से पंकज कुमार राव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट हासिल किए संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने एमबीबीएस उत्तीर्ण बारह चिकित्सकों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र में बीती रात माओवादियों ने ग्राम पटेल की गला रेतकर हत्या कर

जांजगीर चांपा जिले में धान बिचौलियों पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने करीब पांच सौ बोरी धान के साथ चार ट्रैक्टरों को जब्त किया है राजधानी रायपुर के फाफाडीह इलाके में पीलिया पीड़ितों की जांच शिविर लगाकर की जा रही है